वे आज शाम वहां भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे नेशनल इंडोर स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम का नाम सावासदी पीएम मोदी है

और ये जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें पूरे हिन्दूस्तान की झलक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यह पहली बार होगा जो अपने इंडियन डायसपोरा पूरे हिन्दूस्तान की हर स्टेट कल्चरल डांस एक्टिविटी की इवेंट भी देखेंगे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री गुरू नानक देव जी की पांच सौ पचासवीं जयंती के सिलसिले में विशेष स्मारक सिक्का जारी करेंगे और तमिल ग्रंथ तिरूक्क्रल के थाई भाषा में अनुवाद का भी विमोचन करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया कि कल सवेरे से दो दिन के लिए प्रधानमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सोलहवें भारत आसियान बैठक में थाईलैंड इंडोनेशिया और म्यामा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले एक बयान में कहा कि आसियान से संबंधित शिखर सम्मेलन भारत की विदेश नीति विशेष कर एक्ट ईस्ट नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि भारत आसियान देशों के साथ संपर्क में सुधार के लिए उत्सुक है उन्होंने कहा कि पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है केन्द्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी संबंद्व पक्षों को मिलकर प्रयास करने होंगे आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने प्रदूषण की रोकथाम में केन्द्र के प्रयासों का उल्लेख करते हए कहा कि पूर्वी और पश्चिमी एक्सप्रेस वे बनाए जाने के बाद करीब साठ हजार वाहन राष्ट्रीय राजधानी के बाहर से गुजर रहे हैं जिससे प्रदूषण में काफी कमी आई है उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपदों विशेष रूप से गौतमबुद्वनगर और मेरठ में तेजी से बढ़ती वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने कल शाम लखनऊ में समीक्षा बैठक की इस दौरान उच्च वायु प्रदूषण वाले जनपदों के अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी ने निर्देश दिया कि वे जनता को वायु प्रदूषण के विभिन्न कारकों के प्रति जागरूक करें

श्रद्वालुओं ने अब से कुछ देर पहले नदियों तालाबों और अस्थायी तौर पर बनाये गये पोखरों के तटों पर खड़े होकर अस्तांचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया श्रद्वालु कल खरना पूजन के बाद से उपवास पर हैं कल सुबह उगते हुये भगवान भाष्कर को अर्घ्य देने के बाद श्रद्वालुओं का व्रत सम्पन्न होगा इस बीच पूरे प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वी जिलों में समी नदियों और तालाबों के तटों पर आज दोपहर बाद से ही श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लग गयी इन सभी स्थानों पर छठ पर्व से जुड़े लोक गीत गाये जा रहे थे इससे पूर्व आज सुबह बाजारों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ रही लोगों ने आखिरी समय तक छठ पर्व से जुड़ी वस्तुओं की खरीददारी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं